गत चौबीस जून को जारी निर्देश के अनुसार श्री पालिवाल को दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और वे नई दिल्ली में रहकर अपना कार्यभार संभालेंगे श्री पालिवाल राज्य सरकार को सामाजिक आर्थिक एवं ब्रनियादी विकास के विभिन्न मुख्य मामलो पर सलाह देंगे श्री पालिवाल दो हजार तेरह से दो हजार चौदह तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके है

ये बात शिक्षा मंत्री ने कल लोअर सुबनसिरी जिले के हापोली में प्रधानाचार्यो प्राध्यापको और शिक्षको के साथ हुई समीक्षा बैठक के दोरान कही श्री तेदिर ने कहा कि एस एस ए और रमसा शिक्षको के वेतन को नियमित रुप से देने के लिए ठोस कदम उठाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग कोई भी आउट ऑफ टर्न पदोन्नति नही करने को सख्ती से लागु करेगा और शिक्षको के ट्रास्फर एवं नियुक्ति केवल उचित चैनल की प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाएगा

मुख्यमंत्री पेमा खांड्र की अध्यक्षता में कल सामुदाय आधारित संगठनो के साथ दो हजार उन्नीस बीस के बजट सलाहकार बैठक के दौरान श्री मेन ने यह बात कही जूलाई महीनें में होने वाले विधानसभा सत्र में इस बजट को पैश किया जाएगा मुख्यमंत्री ने सामुदाय आधार संगठनों के प्रतिनिधियो को उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक सलाह को बारिकी से अध्ययन कर उसे बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया है

इसके पहले संस्करण को अपार सफलता मिली थी जिसमें लोगों ने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपने सुझाव दिए थे छब्बीस जुलाई दो हजार पंद्रह को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मध्य रेलवे के मुख्य टिकट निरीक्षक बिजय बिस्वाल का उल्लेख किया था जो नैसर्गिक चित्रकार है प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा कर्मयोगी बताया था जो ब्रश और रंगो से रेल विभाग से जुड़े विभिन्न मुद्दो को कागज पर उकेरते रहते है आकाशवाणी से बाजचीत में बिजय बिस्वाल ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है

वे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी मिशन तथा अटल कायाकल्प मिशन की चौथी वर्षगाठ पर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे श्री पुरी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से इक्यासी लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है उन्होंने कहा कि अगले वर्ष की पहली तिमाही तक बाकी सभी मकानों के निर्माण की मंजूरी दे दी जाएगी श्री पुरी ने विश्वास व्यक्त किया कि दो हजार बीस तक लाभार्थियों को सभी मकान दे दिए जाएंगे आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने कहा कि तीनों योजनाओ प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना स्मार्ट सिटी और अमृत में आठ लाख करोंड़ रुपये का निवेश किया गया है

समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल के आयुक्त आर पी उपाध्याय ने कैडटो को सामूदायिक विकास कार्यक्रम में सक्रिय रुप से भाग लेने की सलाह दी उन्होंने कैडटो से अधिक सहभागी बनने और देश का सेकुलर नागरिक बनने के लिए अनुशासन को अपनाने और महत्वकांक्षी होने की सलाह दी समापन समारोह में कैडटो द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र था